अंतिम समाचार मिलने तक करीब सतहत्तर प्रतिशत लोगों ने वोट डाले हैं हालांकि ये आंकड़े अंनतिम है और इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है आज हुए मतदान के साथ ही आठ उम्मीदवारों का भाग्य ईव्हीएम में कैद हो गया इस उपचुनाव के लिए मतगणना दस नवंबर को होगी और इसी दिन परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी आज सुबह मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉकपोल कराया गया वहीं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केन्द्रों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को प्रवेश दिया गया इसके अलावा पोलिंग बूथों में सभी वोटरों के हाथ सैनिटाईज कराने के साथ ही उन्हें दस्ताने भी दिए गए सभी मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में मास्क धारण किए रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी हिदायत दी गई थी मरवाही उपचुनाव के लिए आज सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलता रहा मतदान के दौरान आज कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखी गईं शुरूआत में मतदान की रफ्तार काफी धीमी थी लेकिन बाद में इसमें काफी तेजी आई मतदान केन्द्रों में महिलाओं और युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग भी वोट डालने पहुंचे थे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए दो सौ छियासी मतदान केन्द्र बनाए गए थे इन केन्द्रों में आज मतदान के अंतिम एक घंटे में कोरोना प्रभावित मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे मतदान केन्द्रों में सीएएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के साथ ही कई पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी हाईकोर्ट पीएससी जांच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग सीजी पीएससी की मुख्य परीक्षा के आयोजन को लेकर आज एक अहम निर्णय दिया है न्यायालय ने पीएससी दो हजार उन्नीस की प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों की जांच कर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने प्रश्न क्रमांक दो छिहत्तर और निन्यानवे की दोबारा जांच करने के लिए कहा है साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि मेरिट लिस्ट जारी करने के तीन महीने के भीतर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई गौरतलब है कि इस मामले में चौबीस अभ्यर्थियों ने सीजी पीएससी की प्री परीक्षा के मॉडल उत्तरों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद न्यायालय ने मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी यह मुख्य परीक्षा अट्ठारह अक्टूबर को होने वाली थी

इसके तहत मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गांवों तथा शहरों में सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेंगी और उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी आगामी इकतीस दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर बुधवार और गुरूवार को सर्वे किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए राज्य में बहत्तर हजार से अधिक मितानिनों और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है बीते अट्ठाईस अक्टूबर तक राज्य में पैंतीस लाख से अधिक घरों में सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है इस सर्वे में कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले इकसठ हजार से अधिक मरीज मिले हैं जिनकी कोरोना जांच की जा रही है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से संबंधित लक्षणों के बारे में सर्वे टीम को सही जानकारी दें और अपनी जांच कराएं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहचान जल्द होने और इलाज मिलने से इससे होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है वहीं योग प्रशिक्षक पुष्कल चौबे ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव ने आज इस समिति की बैठक ली और अधिकारियों को आपसी समन्वय तथा तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए वहीं दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की सतत् निगरानी के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस टीम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन की जाने वाली कोरोना वायरस की जांच के लिए लक्ष्य दिया है जिला कलेक्टर ने अवकाश के दिनों में भी कोरोना की जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं इधर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस वर्ष अंबिकापुर में छठ पर्व के दौरान तालाब और नदियों के किनारे घाट नहीं बनाए जाएंगे यह निर्णय अंबिकापुर में जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा और महापौर अजय तिर्की ने छठ घाट समिति के सदस्यों के साथ हुई एक बैठक में लिया धान खरीदी प्रदर्शन प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आज राजनांदगांव सहित अनेक जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा राजनांदगांव शहर में महावीर चौक से कलेक्टोरेट तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च भी किया गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की है

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रतिमाह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा करने की बारंबारता के बारे में कुछ बदलाव किए थे इसके तहत हर महीने निःशुल्क नकदी लेन देन की बारंबारता पांच बार से घटाकर तीन बार कर दी गई थी मंत्रालय के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड नाइंटीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है

मौके से दो रायफल दो पिट्ठू विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि मरूडबाका और कमलापुर के बीच जंगलों में यह मुठभेड़ हुई घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है इसी जिले में सुरक्षा बलों ने चार माओवादी मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इन माओवादियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए गए थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने जांगला थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर विस्फोटक लगाने मत पेटी लूटने जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मी की हत्या और आगजनी सहित कई अन्य गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं सुकमा जिले में भी एक स्थायी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रव ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान केरलापाल इलाके से इस माओवादी को गिरफ्तार किया गया इधर दंतेवाड़ा जिले में दस माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है इनमें से पांच माओवादी के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था ये माओवादी मलांगीर क्षेत्र में सक्रिय थे इन पर जवानों की हत्या और सड़कों को क्षतिग्रस्त करने जैसी कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है जिले में लोन वर्राट् अभियान के तहत अब तक एक सौ सतयासी माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं इनमें पचास इनामी माओवादी भी शामिल हैं

पुलिस के अनुसार गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से माओवादियों ने प्रेशर बम लगा रखा था आज नैनपाल गांव के ग्रामीण जंगल जा रहे थे तभी इनमें से दो ग्रामीण विस्फोटक की चपेट में आ गए उधर धमतरी जिले में माओवादियों ने करही गांव में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है बताया जाता है कि मृतक करही ग्राम पंचायत की सरपंच का पति था माओवादियों ने पिछले दिनों इस ग्रामीण का अपहरण कर लिया था आज उसका शव बरामद किया गया है किशोर न्यास समिति गठन राज्य सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बीस जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है रायपुर जिले में बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष सरवत हुसैन नकवी को बनाया गया है कर्मचारी चयन आयोग सैनिक स्कूल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दसवीं बारहवीं स्नातक और उससे ऊपर के शैक्षणिक योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है ये परीक्षाएं छह नौ और दस नवंबर को रायपुर के दो परीक्षा केन्द्रों में दो पालियों में आयोजित की जाएगी डिप्टी कलेक्टर प्रनम शर्मा को परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है वहीं अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है इच्छुक बच्चे उन्नीस नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं इस स्कूल में छठवीं और नवमीं कक्षा की एक सौ बाईस सीटों पर प्रवेश के लिए बीते बीस अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है प्रवेश के लिए अगले वर्ष दस जनवरी को राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी दस्तावेज पंजीयन वृद्धि कोरोना संकट का दौर होने के बावजूद प्रदेश में भू दस्तावेजों के पंजीयन में तेरह प्रतिशत से अधिक और राजस्व प्राप्ति में आठ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष अक्टूबर महीने तक दस्तावेजों के पंजीयन से करीब एक सौ सत्रह करोड़ साठ लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि इस वर्ष राजस्व प्राप्ति बढ़कर एक सौ सत्ताईस करोड़ पचयासी लाख रूपये हो गई है अवैध फटाखा बरामद अंबिकापुर के भिट्ठीकला में अवैध रूप से संचालित एक फटाखा गोदाम पर पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है जब्त की गई चीजों में सोरा गंधक और सिल्वर पाउडर शामिल है पुलिस ने इस गोदाम को सील कर दिया है और इसके संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पुलिस की विशेष टीम ने कल रात यह कार्रवाई की बताया जाता है कि गोदाम संचालक ने तय मात्रा से अधिक विस्फोटक गोदाम में जमा कर रखा था

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर वर्मा का स्मरण करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा अस्मिता और लोक संस्कृति को पहचान दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय ई बुक का विमोचन कल रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में होगा इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा सांसद सरोज पांडेय के साथ ही पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर आज धमतरी में रैली निकाली और कलेक्टोरेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जांजगीर के डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनरल प्रमोशन देने या फिर ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की है इस संबंध में विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम ज्ञापन सौंपा है कोंडागांव में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एएनएम के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए उम्मीदवार पांच नवंबर तक अपने दस्तावेजों का परीक्षण करा सकते हैं वन्यप्राणी पेंगोलिन की अवैध तस्करी के मामले में वन विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

रायपुर पाटन मार्ग पर जामगांव के पास आज दोपहर हुए सड़क हादसे में एक बालक और बुजुर्ग की मौत हो गई

जांजगीर चांपा जिले में सक्ती के मंदरागोड़ी गांव के पास क्षतिग्रस्त पुल से नीचे गिरने की वजह से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और महासमुंद में साइबर सेल की टीम ने क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है आरोपी के पास से लाखों रूपये की सट्टा पट्टी के साथ ही अन्य चीजें बरामद की गई हैं